राज्य में चौबीस नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर हुई एक हजार नौ सौ बीस राज्य में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सभी शहरी क्षेत्रों में कपड़े और जूतों की दुकानें खुलीं

साहिबगंज के सदर प्रखंड के शहीद कुंदन क्मार ओझा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतुक गांव डीहारी पहुंच गया है पूरे सम्मान के साथ उनकी अन्त्येष्टि की जाएगी भाजपा सांसद सुनील सोरेंग पूर्व मंत्री लूईस मरांडी उपायुक्त वरूण रंजन सहित कई लोगों में उनको श्रद्वांजलि दी वहीं बहरागोड़ा निवासी शहीद गणेष हांसदा का पार्थिव शरीर भी उनके पैतुक गांव पहुंच गया है वहां सेना के जवान सहित अन्य लोग शहीद को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहे हैं आज उनका पारंपरिक रीति रिवाज से अन्तिम संस्कार किया जाएगा पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से आज सुबह बहरागोड़ा हवाई अड्डा पहुंचा वहां से पूरे सम्मान के साथ उनके निवास स्थल कोसाफलिया गांव ले जाया जाया गया इस दौरान पूरा गांव और आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है लोग वीर शहीद गणेश हांसदा अमर रहे के नारा लगा रहे थे इसके साथ ही आक्रोषित लोग चीन से बदला लेने की बात कर रहे हैं वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्यत वरण महतो ने अपनी ओर से एक लाख रूपये का चेक गणेश हांसदा के पिता को दिया उन्होंने कहा कि समाज और हम लोग सब मिलकर शहीद के परिजनों का ध्यान रखेंगे झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से संक्रमित चौबीस नए मामले सामने आए हैं इनको मिलाकर राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या एक हजार नौ सौ बीस पहुंच गई है

अभी राज्य में हॉस्पिटल और आइसोलेषन सेंटर में एक्टिव केस की संख्या छह सौ छियानबे हो गई है कल बासठ मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छट्टी दे दी गई अबतक कल एक हजार दो सौ तेरह मरीज कोरोना से लड़कर स्वस्थ हो चुके हैं वहीं दूसरी तरफ कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार बढ़ रही है राज्य के पांच जिलों देवघर साहिबगंज पाकड़ द्मका तथा गोड्डा में कोविड का कोई सक्रिय मामला अभी नहीं है वहीं पलामू में सिर्फ एक मरीज पॉजिटिव है

इनमें गिरिडीह गढ़वा लातेहार पलामू खूंटी तथा बोकारो शामिल हैं लोहरदगा में कल एक मरीज के पॉजिटिव पाये जाने की पुष्टि हुई थी इंधर राजधानी रांची के रिम्स में भर्ती एक महिला समेत दो मरीजों की मौत हो गई इनमें से रामगढ़ जिले के रजरप्पा का रहने वाला एक मरीज तीन दिन पहले ही कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ था लेकिन अन्य बीमारियों की वजह से उसकी मौत हो गई

योगाम्यास व मोटिवेशन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर सार्थक असर देखा जा रहा है चिकित्सक डॉक्टर दूर्गेश झा ने बताया कि योगाभ्यास एवं मोटिवेशन कोरोना पोजिटिव मरीजों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति में सुधार लाने में लाभकारी साबित हो रहा है पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए महिला समूहों को प्रशासन गतिशील बना रहा है इस संबंध में महिला समूहों को क्टीर उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोडने की कोशिश की जा रही है सजावट की वस्तुओं सहित कई जरूरी सामानों के निर्माण संबंधी प्रशिक्षण देकर इन महिला समूहों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है

वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं में इस बात का संतोष है कि लॉकडाउन के बाद दोबारा जिंदगी पटरी पर लाने में उन्हें मदद मिल रही है और उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो रहा है

केंद्र सरकार ने अपने घर लौट रहे प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार मिषन योजना शुरू की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिषन की शुरूआत कल बिहार से करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल कहा कि देष के छह राज्यों के एक र्सा सोलह जिलों में यह योजना शुरू की जाएगी इन जिलों में झारखंड के भी तीन जिले शामिल किए गए हैं इन जिलों में हजारीबाग गिरिडीह और गोड़डा शामिल हैं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

इससे सम्बन्धित आदेष कल गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है कंटेनमेंट जोन और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये दुकानें बन्द ही रहेंगी शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत अभी नहीं मिली है धार्मिक स्थल भी फिलहाल बन्दे ही रहेंगे राज्य में तीस जून तक प्रभावी लॉकडाउन पांच के दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उच्च स्तरीय समिति ने बैठक के बाद यह निर्णय लिया है अब तीस जून के बाद मॉल सार्वजनिक परिवहन और अन्य बन्द पड़े प्रतिष्ठान खोलने पर भी विचार किए जाएंगे राज्यसभा में झारखंड की दो सीटों के लिए नए विधानसभा परिसर में मतदान चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री सहित कई विधायकों ने मतदान कर दिया है चुनाव मैदान में झामुमो के षिब्र सोरेन भाजपा के दीपक प्रकाष और कांग्रेस के शहजादा अनवर शामिल हैं राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन पदाधिकारी सह विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने बताया कि चार बजे मतदान समाप्त हो जाने के बाद शाम पांच बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी भारत निर्वाचन आयोग से सहमति मिलने के बाद आज देर शाम चुनाव परिणाम घोषित कर दिये जाने की संभावना है इधर रांची जिला प्रशासन की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर विधानसभा परिसर के ईद गिर्द निषेधाज्ञा लागू की गयी इस अवसर पर किसी भी प्रकार के जुलूस रैली प्रदर्शन घेराव पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी रामगढ़ जिले में गहन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह का पहला चरण शुरू हो गया है

केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना कोरोना महामारी के वैश्विक संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में सहारा बनी हुई है

ऐसे में मनरेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है सदर प्रखंड के मेरु पंचायत में नाला के उडाही करन में करीब डेढ़ सौ मजदूर लगे हैं

गांव में ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया हो रहा है मुखिया सोनी क्मारी बताती हैं कि प्रवासी मजदूरो के आग्रह को देखते हुए पंचायत में नाला उडाहीकरन बिरसा हरित ग्राम के तहत बागवानी एवं आदर्श डोभा निर्माण कराया जा रहा है इस कार्य में बडी संख्या में प्रवासी मजदूरों को काम में लगाया गया है प्रवासी मजदूर विक्रम बताते हैं कि वह दिल्ली में प्लंबर का काम करते थे लॉकडाउन के कारण वहां काम नहीं रह गया था बाद में वह अपने गांव घर पहुंचे और अब मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम पांच बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस वर्चअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख भाग लेंगे हाल ही में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हई हिंसक झडपों के संदर्भ में यह बैठक बहत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए इस बार हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय हैः घर पर योग और परिवार के साथ योग

प्रधानमंत्री ने कहा किं योग से प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा मानेसिक और शारीरिक सक्षमता बढ़ती है चतरा जिले के टंडवा प्रखंड मुख्यालय की लाईफ लाईन माने जाने वाली गेरुआ नदी पुल पर बना डायवर्सन एक माह भी नहीं टिक सका मानसून की पहली बारिश में ही डायवर्सन बह गया देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से गेरुआ पुल पर बना डायवर्सन फिर टूट गया जिसके कारण चतरा जिला मुख्यालय समेत हजारीबाग व बड़कागांव से टंडवा प्रखंड का संपर्क प्ररी तरह ट्रट गया है

जिसके बाद स्थानीय विधायक की पहल पर प्रखंड प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त पुल पर आवागमन को रोकते हुए तत्कालीन व्यवस्था के तहत डायवर्सन का निर्माण कराया गया